सरकार ने इस अधिनियम को लेकर किए जा रहे दुष्प्रचार से गुमराह नहीं होने की देशवासियों से अपील की है

इसे मानवीय आधार पर प्रस्तावित किया गया है क्योंकि इन देशों में रहने वाले अल्पसंख्यक अपने धर्म के आधार पर उत्पीड़न के कारण भागकर भारत आए है यह अधिनियम किसी से नागरिकता नहीं छीनता है सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह मिथक है कि नागरिकता साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज को अमी से एकत्रित करने की जरूरत है भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दल जनता में भ्रम फैला रहे है और देश में हिंसा का वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है आज जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस फूट डालो राज करो की नीति पर काम कर रही है उन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से सवाल किया कि इस मुददे पर संसद में हुई बहस में वह और राहल गांधी शामिल क्यों नहीं हुए

झारखण्ड विधानसभा चुनाव के लिए आज मतगणना जारी है

महत्वपूर्ण सीटों में जमशेदपूर पूर्व में मुख्यमंत्री रघुवर दास निकटवर्ती प्रत्याशी से बढ़त बनाए हुए है वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के अध्यक्ष बाबूलाल मराण्डी भी धनवर विधानसभा सीट पर आगे चल रहे है एक अन्य पूर्व मुख्यमंत्री हेमन्त सौरेन भी बढ़त लिए हुए है

नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय फिल्म प्रस्कार प्रदान किये जायेंगे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू एक समारोह में ये पुरस्कार देंगे गुजराती फिल्म हिलारो को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा आयुष्मान ख्राना को फिल्म अंधाध्न और विक्की कौशल को उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से नवाजा जाएगा

प्रधानमंत्री ने इस कार्यकम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने को कहा है

प्रदेश में तेज सर्दी का जोर बना हुआ है